गृह मंत्री कुमार वाई को ग्रामीण कार्य विभाग की जगह शहरी विकास विभाग दिया गया है नाबाम रिबिया को वन एवं पर्यावरण भू प्रबंधन सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं जनजातीय मामला महिला और बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है उन्हें शहरी विकास और नगर योजना विभाग से मुक्त कर दिया गया है बामांग फेलिक्स को ग्रामीण कार्य विभाग जबकि वांकी लोवांग को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और नगर योजना विभाग की जिम्मेदारी दी गई है ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री आलोह लिबांग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वहीं पश्रपालन मंत्री डॉ मोहेश चाई को कृषि बागवानी मछली पालन और खेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एन डी ए सरकार चार साल प्ररा होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में राज्य सूचना एवं जन संपर्क विभाग़ के मंत्री बामांग फेलिक्स और पूर्व मंत्री आर के खिरमे ने ईटानगर में सवांददाता सम्मेलन के दौरान जानकारी दी उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में विभिन्न समूहों के सात पदों का सृजन कर आयोग को मजब्रत बनाया गया है राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अधीकतम आयु सीमा में दो वर्ष की बढ़ोत्तरी की गई है अरुणाचल प्रदेश लोकायुक्त नियमावली दो हजार अट़ठारह को मंजूरी दी गई है उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने निजी शिक्षण संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अरुणाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग का गठन कर उन्नीस पदों को मंजूरी दी है राज्य के मूल जनजातीय लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश भूमि निस्तारण और रिकॉर्ड संशोधन विधेयक दो हजार अट्ठारह को मंजूरी दी गई है प्रदेश में दस प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने और इससे कई परिवारों के बर्बाद होने की घटनाओं के मद्देनजर अरुणाचल प्रदेश मनि लेडिंग रेगुलेशन बिल पारित किया गया है प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान को पांच करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया गया है एस एस ए रमशा और रुसा के तहत कार्यरत शिक्षको और कर्मचारियों का वेतन डी बी टी मोड में दिया जा रहा है जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रत्येक महीने की पहली तारीख को सभी जिला उपायुक्तों द्वारा जन सुनवाई सम्मेलन आयोजित किया जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अबतक ग्यारह हजार छह सौ पिचानवें लाभार्थियों को एल पी जी कनेक्शन बांटे जा चुके है विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में पचास लाख़ रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है जी एस टी लागू होने के बाद वर्ष दो हजार सत्र अट्ठारह में अट्ठावन करोड़ सढ़सठ लाख चौवन हजार छह सौ अटठानवे रुपये कर संग्रह हुआ है पिछले चार वर्ष के दौरान क्रषि बागवानी और पशु पालन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है राज्य में द्रग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए दो सौ किसानों को गायों की खरीद के लिए तीन तीन लाख रुपए सब्सिडी पर वितरित किए गए है कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए पच्चीस प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है मुख्यमंत्री कृषि ऋण योजना के तहत दो हजार किसानों को ब्याज रहित चार लाख रुपए तक का ऋण दिया गया है राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए श्री फेलिक्श और खिरमे ने बताया कि मुख्य आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के एक एक गांव को आदर्श ग्राम के रुप में विकसित करने के लिए एक करोड़ पचास लाख रुपए प्रदान किए गए है अपेक्स बैंक नाबार्ड और के वी के के सहयोग से जीरो पासीघाट और वेस्ट कामेंग जिले में कृषि उद्यमिता विकास और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है महिला बुनकरो को सहकारिता सेवा के लिए पच्चीस लाख़ रुपए वितरित किए गए है इसके अलावा राज्य के महादेवपुर रुकसिन लिकावाली किमिन और भालूकपोंग में कृषि विपणन केंद्र स्थापित किये गए है शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आधुनिकता शिक्षा योजना के तहत सात सौ सत्रह स्मार्ट स्क्रल विकसित किए गए है और राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शीघ्र ही कार्य करने लगेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीबों वंचितों दलितों और आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार आया है उन्होंने कहा कि यह योजना सामाजिक सशक्तिकरण में केंद्रिय भूमिका निभा रही है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ आज नमो एप्प के जरिए बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दो हजार तक तेरह करोड़ परिवारों के पास रसोई गैस कनेक्शन थे वहीं पिछले चार साल में दस करोड़ नये कनेक्शन दिए गए है जिससे गरीबों को फायदा पहुंचा है उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना और सुरक्षा उपायों के बारे में देश भर में एलपीजी पंचायत आयोजित की जा रही हैं संवाद के दौरान ओदिशा में मयूरभंज से सुष्मिता कबाता ने उज्ज्वला योजना से उनके जीवन में आर बदलाव के बारे में बताया छत्तीसगढ़ की एक महिला ने कहा कि इस योजना से स्वयं उनके और प्ररे परिवार के जीवन स्तर में सुधार हुआ है जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से महिलाओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री को बताया कि उज्ज्वला योजना की वजह से रमजान के दौरान खाना पकाना सुविधाजनक हो गया है राज्यपाल बी डी मिश्रा ने अपर सियांग जिले के किसोन तेकसेंग और सियांग जिले के ताकर तामुत को माऊण्ट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई के लिए बधाई दी है राज्यपाल ने कहा है कि उन दोनों युवाओं ने अपने साहस और चुनौतीपूर्ण भावना से साबित कर दिया है कि राज्य के युवाओं में सभी क्षेत्र में अपार क्षमता है उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये पर्वतारोही प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे इसके साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान देंगे